मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से कोविड वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार करने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि पिछल दस माह के दौरान जिस प्रकार सभी ने जिस मर्यादा संयम और अनुशासन का पालन किया यही कोरोना पर विजय का सबस बड़ा राज है लोगों को अपनी बारी के लिए उसी प्रकार थोड़ा और इंतजार करना चाहिए

उन्होंने कहा कि इस वर्ष गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को एम्स मिल जायेगा

उन्होंने कहा कि गोरखपुर क्षेत्र में रेडीमेड गारमेंट का हब बनने की क्षमता है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मंत्र वोकल फार लोकल को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी आन्दोलन को आगे बढ़ाना है एक जनपद एक उत्पाद योजना आत्मनिर्भर भारत का आधार बन रही है

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलायी जा रही इस योजना में नये जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड महामारी से संबंधित कौशलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है

योजना के पहले और दूसरे चरण से प्राप्त अनुभव के आधार पर मंत्रालय ने तीसरे चरण में कई सुधार किये हैं ताकि मौजूदा नीति और नई आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके

भारत को द्निया में कौशल की राजधानी बनाने की सोच के साथ शुरू की गई यह योजना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो लोगों में बड़ा लोकप्रिय हुआ है

यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभ्यास होगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए उनके यहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के अनुपात में वैक्सीन का आवंटन किया गया है राष्ट्रीय प्राथमिकता सूची के अनुसार वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और संक्रमणग्रस्त होने की आशंका वाले चिकित्सा संस्थानों के अन्य कर्मचारियों को दी जाएगी

प्रदेश में टीकाकरण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यहां अब तक वैक्सीन की लगभग पौने ग्यारह लाख डोज प्राप्त हो चुकी हैं

राज्य में नौ भण्डारण केन्द्र बनाये गये है जहां से प्रदेश के विभिन्न भागों में वैक्सीन को भेजा जा रहा है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

इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वयं सेवी संस्थाओं से कुपोषित और टीबो ग्रसित बच्चों को गोद लेने का आहवान किया राज्यपाल ने यहा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादन की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में अब तक दो करोड़ अट्ठावन लाख इकतालीस हजार पांच सौ तैतीस कोरोना के नमूनों की जांच की गई है उन्होंने बताया कि ई संजोवनो पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अब तक तीन लाख इक्यान्नबे हजार से अधिक लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श लिया है

केन्द्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बड़े सुनियोजित तरीके से देशभर में परीक्षण संबंधी बूनियादी ढांचे का विकास किया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़ी संख्या में परीक्षण की सूविधा से रोगियों की जल्द पहचान करने उन्हें आइसोलेशन में भेजने और उनका इलाज करने में मदद मिली है मंत्रालय के अनुसार बड़े पैमाने पर परीक्षण के विकास के साथ साथ संक्रमित रोगियों की दैनिक संख्या कम होती जा रही है और इस समय यह दो दशमलव तीन प्रतिशत से भी नीचे पहुंच गई है मकर संकांति का त्यौहार आज प्रदेश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रदेश के विभिन्न भागों में इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है बड़े सवेरे से ही लोग पवित्र नदियों और सरोवरों के तट पर सुबह से ही स्नान के बाद दान ध्यान करते देखे गये इस अवसर पर खिचड़ी दान का विशेष महत्व माना जाता है

मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं

इस अवसर पर उन्होंने डाक विभाग भारत सरकार द्वारा विशेष आवरण और विरूपण का विमोचन किया इस अवसर पर उन्होंने सूचना विभाग की डायरी मोबाइल एप की भी शुरूआत की प्रयागराज में कडाके की ठंड के बावजूद मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग ब्रह्ममुहुर्त काल से पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं जिसका कम अभी भी जारी है मकर संकांति के साथ ही यहा प्रसिद्ध माघ मेला भी आज शुरू हो गया डिस्पैच गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर प्रयागराज में लगभग डेढ़ महीने तक चलने वाले माघ मेले का ये पहला बड़ा स्नान माना जाता है माघ मेला प्रदेश में पहला ऐसा आयोजन है जो कोरोना के संक्रमण के शुरू होने के बाद किया जा रहा है पहली बार प्रशासन ने माघ मेले में आने वाले सभी श्रद्दालुओं और कल्पवासियों की सूची तैयार की है और किसी को भी बिना कोरोना की निगेटिव जांच रिपोर्ट के माघ मेला में आने की अनुमति नहीं दी गई है मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है बर्ड फ्लू के खतरे के बीच माघ मेला प्रशासन लगातार श्रद्दालुओं को इस बात के लिए सतर्क कर रहा है कि वह पक्षियों को दाना न खिलाएं जो इस मौसम में संगम तट पर दूसरे देशों से आते है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ भारतीय सशस्त्र बल आज वेटरन डे मना रहा है देश के पहले सेना प्रमुख फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की उल्लेखनीय सेवाओं के स्मरण में यह दिवस मनाया जाता है

सेना मुख्यालय मध्य कमान के तत्वाधान में लखनऊ में आज सेना चिकित्सा कोर और कॉलेज स्टेडियम में एक कार्यकम का आयोजन किया गया

गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरविन्द कुमार शर्मा ने आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे